इसके अलावा प्रधानमंत्री आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों की प्राथमिक माध्यमिक और इससे ऊपर के स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता मुहैया कराने के लिए चार सौ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का भी उद्घाटन करेंगे नई शिक्षा नीति देश की महात्वाकांक्षी नई शिक्षा नीति जल्द साकार होने जा रही है मानव संसाधन विकास मंत्रालय अगले माह तक इसे पेश कर सकता है नीति के लिए मिले दो लाख सुझावों का मंत्रालय अध्ययन कर रहा है

इसके लिए पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था

प्रशासन ने कल राज्य के सभी टेलीफोन एक्सचेंज शुरू कर दिये और लैंडलाइन सेवा को बहाल कर दिया है कुपवाड़ा जिले में पोस्ट पेड मोबाइल सेवा फिर से शुरू हो गई है इसके अलावा आवश्यक सेवाओं और अन्य कार्यालयों से संबंधित अधिकारियों के मोबाइल सेवा भी बहाल कर दी गई है घाटी के सभी स्कूल खुल गए हैं

इसके साथ ही दस दिनों से चल रहा गणेश उत्सव सम्पन्न हो जायेगा देशभर में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा प्रशासन ने विसर्जन की तैयारियां पूरी कर ली हैं पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के विसर्जन के लिए प्रशासन ने अलग से जलकुंड बनवाये हैं ताकि जल को प्रद्षित होने से बचाया जा सके इंदौर उज्जैन से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार लोगों में उत्साह चरम पर है प्रशासन ने सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की है राजधानी भोपाल में बड़ी झील छोटी झील सहित अन्य सरोवरों में विसर्जन किया जायेगा

यह सेवा शहडोल सीधी मंदसौर रतलाम देवास धार अनूपपुर अशोकनगर आगर मालवा श्योपुर उमरिया नीमच निवाड़ी और कटनी जिले के किसानों के लिए शुरू की गई है इस साफ्टवेयर के शुरू होने के बाद किसानों को कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे उन्हें घर बैठे भू अभिलेख प्रतिलिपि मिलेंगी राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि किसानों को तकलीफों से बचाने के लिये यह कदम उठाया गया है खसरे में बंधक दर्ज करने के लिये वेब जीआईएस सॉफ्टवेयर में लॉग इन सुविधा सभी बैंको को दे दी गई है इससे भूमि स्वामी को तहसील कार्यालय जाकर बंधक दर्ज कराने के लिये आवेदन देने की जरूरत नहीं रहेगी

नई दिल्ली में कांग्रेस की आज होने जा रही उच्चस्तरीय बैठक में नाम का ऐलान हो सकता है पिछले दिनों महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात टलने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अध्यक्ष का पद किसी और को सौंपा जा सकता है खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री कमल नाथ दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलकर नया अध्यक्ष तय कर सकते हैं

विदिशा कार्यवाही विदिशा जिले के ग्राम पथरिया निवासी किसान भूपत सिंह रघुवंशी के जमीन बँटवारे के मामले में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की है श्री कमलनाथ के सामने मामला आते ही उन्होंने तत्काल पूरे मामले की जाँच के निर्देश देकर किसान को न्याय दिलाने के निर्देश जारी किये थे इसके बाद जिला कलेक्टर विदिशा ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए तत्काल पटवारी को कार्य में लापरवाही बरतने पर निलंबित किया साथ ही नायाब तहसीलदार को भी जाँच होने तक वहाँ से हटाकर जिला कार्यालय अटैच करने के निर्देश जारी किये हैं उन्होंने किसान के जमीन बँटवारे संबंधित कार्य को प्राथमिकता से नियमानुसार करने के निर्देश भी जारी किये है आर्थिक मदद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक ट्वीट पर दो विद्यार्थियों को आर्थिक मदद दी है इंदौर के होल्कर साइंस कॉलेज के छात्र अतुल पाटीदार ने मुख्यमंत्री को टवीट करके जानकारी दी थी कि उसके दो सहपाठी अंकित मेहरा और राहुल राज मेहरा आग में बुरी तरह जल गए हैं

मुख्यमंत्री ने दोनों के शीघ स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की

एक सप्ताह से हो रही बारिश आज भी जारी है मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक बरसात का दौर पूरे सितंबर महीने तक रहेगा सीधी शहडोल और सतना जैसे कुछ इलाकों को छोड़कर पूरे प्रदेश में मूसलाधार वर्षा के चलते सभी नदियां उफान पर हैं अधिकांश बांधों के गेट खोले जा चुके हैं बारिश से कई स्थानों जानमाल का नुकसान हुआ है उमरिया में बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गयी जबकि विदिशा के कागपुर पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण इसे बंद कर दिया गया है बंगाल की खाड़ी के आसपास नया सिस्टम बन रहा है जो आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में बारिश करायेगा

फसल नुकसान आकलन मुख्यमंत्री कमल नाथ ने सभी कलेक्टरों को भारी बारिश से हुए जान माल और फसल नुकसान के प्रारंभिक आकलन करने के निर्देश दिए हैं मंत्रालय में कल जनाधिकार कार्यक्रम में वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टरों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश से फसल नुकसान का आंकलन करें ताकि बिना किसी विलम्ब के क्षतिपूर्ति राशि दी जा सके श्री नाथ ने रबी फसलों के लिए खाद की आवश्यकता का आकलन करने के भी निर्देश दिए गौरतलब है कि बारिश के चलते सोयाबीन मक्का उड़द कपास और सब्जियों की फसल पर बुरा असर पड़ा है आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में ऐसे प्रकरणों का समाधान प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश दिये गये हैं

खण्डवा में वॉट्सएप फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया साधनों से आपत्तिजनक और धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने के आदेश कलेक्टर ने जारी किये हैं ग्वालियर में आज से विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जायेगा इसके तहत स्वच्छता ही सेवा अभियान की जानकारी लोगों को दी जाएगी

वे यूनिवर्सिटी में अटल इंन्यूबेशन सेंटर का शुभारंभ करेंगे